किसान सम्मान कुल्लू जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पात्र किसानों के लिए इस सप्ताह एक व्यापक अभियान चलाया जाएगा उपायुक्त यून्स ने कल विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ एक बैठक में ये जानकारी दी

उपायुक्त ने अधिकारियों को पंचायतों में शिविर लगाकर लोगों को इस योजना के बारे में जागरूक करने के निर्देश दिए

स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को समय पर जांच करवाने और एहतियात बरतने की सलाह दी है आरक्षण केन्द्र सरकार ने कहा है कि वह विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती को लेकर आरक्षण के बारे में उच्चतम न्यायालय में दायर उसकी समीक्षा याचिका के नामंजूर किये जाने की स्थिति में अध्यादेश लाएगी केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल लोकसभा में ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि शीर्ष न्यायालय द्वारा इस बारे में दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज किये जाने के बाद सरकार ने ये फैसला लिया है मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं जनजातीय जिलों किन्नौर व लाहौल स्पिति और चम्बा के पांगी व भरमौर में पिछले दिनों हुई बर्फबारी के बाद जनजीवन अभी भी पटरी पर नहीं लौट पाया है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर विधानसभा के बजट सत्र से जुड़ी खबर आज समाचारपत्रों में प्रमुखता लिए हुए है पंजाब केसरी की सुर्खी है कर्ज पर विधानसभा में हंगामा सरकार करवाएगी जनमंच के खर्च का ऑडिट अमर उजाला का शीर्षक है जनमंच पर जयराम मुकेश में नोकझोंक दिव्य हिमाचल के शब्द हैं विपक्ष के गले की फांस बन गया जनमंच लंच के प्रावधान पर विपक्ष के हमले पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का पलटवार हिमाचल दस्तक के मुताबिक जनमंच पर विपक्ष से टकराए जयराम जबकि आपका फैसला के अनुसार जनमंच कार्यक्रमों के खर्चे का कराएंगे ऑडिट विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री के बयान को पंजाब केसरी ने सुर्खी दी है डबल इंजन ने दम तोड़ा अफसरशाही भी सरकार पर हावी दिव्य हिमाचल ने लिखा है आर्थिक दिवालियेपन की ओर बढ़ रही सरकार

परवाणू में यूनियन विवाद से जुड़ी खबर को भी आज अधिकांश समाचार पत्रों ने प्रमुखता दी है दैनिक जागरण लिखता है परवाणू में पुलिस की मौजूदगी में चली गोलियां

अब एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दिव्य हिमाचल ने अपने सम्पादकीय हिमाचली गुदड़ी के लाल में लिखा है कि स्वावलम्बन की राह पर बजटीय उदारता के मायनों का स्पर्श तभी कारगर होगा जब प्राथमिक क्षेत्रों की लागत में आर्थिकी का पौधारोपण होगा दैनिक जागरण ने अपने सम्पादकीय में लिखा है कि जागरुकता अभियानों के बावजूद लोग लालच में आकर अपने जीवन की जमा पूंजी दाव पर लगा देते हैं और नौकरी का झांसा देने वाले जालसाजों के शिकार हो जाते हैं